हेलमेट प्रदेश में अब दोपहिया वाहन बेचते समय वाहन डीलरों को ग्राहकों को दो हेलमेट उपलब्ध कराने होंगे यानी हर ग्राहक को दो हेलमेट खरीदने होंगे यदि ग्राहक के पास पहले से ही हेलमेट है तो उसे इसका बिल जमा करना होगा डीलरों को दोनों हेलमेट की रसीद संबंधित आरटीओ में भी जमा करनी होगी इसी आधार पर ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा वाहन चालक और उसके साथ बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने ये निर्देश जारी किए हैं परिवहन आयुक्त डॉ शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दोपहिया वाहन चालक और उसके साथ बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए भोपाल सहित प्रदेशभर के वाहन डीलरों को फिर से निर्देश दिए हैं कि नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले को दो हेलमेट उपलब्ध कराएं आरटीओ को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि दो हेलमेट खरीदने की रसीद देखे बिना गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन न करें निपाह वायरस गुना जिले में पिछले दिनों हुई चमगादड़ों की मौत के बाद गुना और ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुये लोगो को सजग और सतर्क रहने की हिदायत दी है ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग के अमले से किसी मरीज को तेज बुखार आने सिरदर्द बदनदर्द खासी औ सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण पाये जाने पर जिला चिकित्सालय भेजने के साथ सीएमएचओ कार्यालय को जानकारी देने के निर्देश दिये गये हैं इसी तरह की एडवाइजरी गुना में भी जारी की गई है बताया गया है कि पिछले दिनों गुना में बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हुई थी चमगादड़ों मौत की एक वजह गर्मी और लू बताई जा रही है फिलहाल कुछ चमगादड़ों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इस बीमारी का संक्रमण चमगादड़ द्वारा कृतरे गये फलों से होती है और मनुष्य में यह बीमारी दूषित कच्ची ताड़ी पीने और संक्रमित चमगादड़ और सुअर के संपर्क में आने से होती है पीएम सम्मान निधि कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों से प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना को समयबद्द तरीके से लागू करने का अनुरोध किया है ताकि सभी योग्य किसानों को इस वर्ष अप्रैल से जुलाई की अवधि की राशि सभी योग्य किसान के बैंक खातों में सीधी डाली जा सके श्री तोमर ने कल सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए पीएम किसान लघ् एवं सीमांत किसानों के लिए पेंशन और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को सफल बनाने का अनुरोध किया उन्होंने पीएम किसान योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर जोर दिया ताकि समय पर किसानों के खाते में राशि डाली जा सके

किसान प्रशिक्षण हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण किसानों को जलवाय परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने और अपनी आजीविका बचाये रखने में मदद पहंचाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है इसे स्थाई आजीविका और जलवायू परिवर्तन के साथ अनुकूलन प्रशिक्षण का नाम दिया गया है

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के श्योपुर और मंडला जिले में ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है ये प्रोजेक्ट केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और विश्व बैंक की साझेदारी से चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि इस समय पार्टी के ग्यारह करोड़ सदस्य हैं और पार्टी का लक्ष्य सदस्यों की संख्या में बीस प्रतिशत बढ़ोतरी करने का है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि सदस्यता अभियान इस महीने की छह तारीख से देशभर में चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गो के लोगों को सदस्य बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल केरल ओडिशा पुदुच्चेरी तलिनाडु लक्षदीप तेलंगाना आंध्रप्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में विशेष रूप से अभियान चलाया जायेगा आकाशवाणी भोपाल ऐप अब श्रोताओं के लिए एक अच्छी खबर आकाशवाणी भोपाल के समाचार और कार्यक्रम अब आप सीधे मोबाइल एप के जरिये सुन सकते हैं प्रसार भारती ने अपने एप न्यूज आन एआईआर में आकाशवाणी भोपाल को भी शामिल कर लिया है इसके लिए प्ले स्टोर में जाकर न्यूज़ आन एआईआर ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर लाइव रेडियो को सिलेक्ट कर आकाशवाणी भोपाल का चयन कर लाइव प्रसारण सुना जा सकता है

मुखाग्नि उनके पुत्र ने दी शहीद संदीप यादव के पार्थिव देह को सड़क मार्ग से भोपाल से कुलाला गांव आज सुबह लाया गया इस मौके पर देवास जिले के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सांसद महेन्द्र सोलंकी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे इससे पहले शहीद की पार्थिव देह को कल रात भोपाल लाया गया जहां विमानतल पर मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की गौरतलब है कि बुधवार को हुए आतंकी हमले में श्री यादव शहीद हो गये थे

परिवारों को एक रूपये प्रति किलो के मान से गेहूँ और चावल तथा एक रूपये प्रति किलो के मान से ही आयोडिन नमक मुहैया कराया जाता है प्रशिक्षकों वर्कशाप जबलपुर में आज सातवीं आर्थिक जनगणना के लिए प्रशिक्षकों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण वर्कशॉप आयोजित हुआ

कार्यशाला में प्रतिभागियों को क्षेत्र में गणना आंकड़ा संग्रह एवं पर्यवेक्षण में उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकों के बारे में प्रशिक्षत किया गया मौसम गुजरात में चक्रवाती तूफान वायु का असर मध्यप्रदेश में भी देखने को मिल रहा है इसके चलते मानसून पूर्व गतिविधियां तेज हो गई हैं राजधानी में सुबह से ही हल्के बादलों की मौजूदगी रही और दोपहर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे गर्मी से कुछ देर के लिये राहत मिली मगर शाम के समय उमस बढ़ गई है प्रदेश के दमोह जबलपुर मंडला टीकमगढ़ उमरिया गुना सहित कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ने से गर्मी से कुछ राहत मिली

वहीं होशंगाबाद बैतूल दमोह मण्डला और रायसेन जिलों में तेज लू चलने तथा ग्वालियर चंबल संभाग सहित नौ शहरों मे धूलभरी आंधी और बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है

इस दो माह की अवधि में शासन की निर्देश तोड़ने वालों को एक माह की सजा अथवा पांच हजार का जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है